गुजरात गोवा केरल दादर तथा नगर हवेली दमन दीव और पुदुचेरी की सभी सीटों के लिए मतदान होगा

इसी दिन छिन्दवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिये भी वोट डाले जाएंगे प्रदेश में चुनाव का यह पहला चरण होगा

चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार कल बालाघाट लोकसभा और छिन्दवाड़ा विधानसभा उप चुनाव के लिये कल एक एक नामांकन दाखिल किए गए हैं

भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने बताया कि पार्टी जल्द ही शेष सीटों पर भी प्रत्याशी घोषित करेगी कांग्रेस ने नौ सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं

पार्टी एक दो दिन में सभी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर देगी चुनाव तैयारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी एल कांताराव ने अधिकारियों से कहा कि स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए आचार संहिता के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये उन्होंने कल सागर में आयोजित एक बैठक में रीवा सागर और नर्मदापुरम संभाग में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों से ईवीएम एवं वीवीपैट मशीन की उपलब्यता चुनाव के लिए उपलब्य मानव संसाधन उनके प्रशिक्षण वाहनों की जरूरत संवेदनषीन ब्रथ पर सुरक्षा इंतजामों की जिलेवार जानकारी हासिल की कांताराव ने सीमावर्ती जिलों में प्रवेश मार्गों पर कड़ी निगरानी के निर्देश भी दिये

इस दौरान उन्होंने विपक्षी कांग्रेस और तेलगुदेशम की नीतियों की कड़ी आलोचना की अमित शाह विशाखापत्तनम में भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज केरल के कालपेटा पहुंचकर वायनाड सीट से अपना नामांकन दाखिल किया पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस अवसर पर मौजूद थी रिजर्व बैंक नीति रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में छह सदस्यों की मौद्रिक नीति समिति की बैठक मुम्बई में लगातार तीसरे दिन भी जारी है बताया जाता है कि रिजर्व बैंक बैठक के बाद मौजूदा वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा कर सकता है

मौसम प्रदेश में तापमान में वृद्धि से गरमी के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं

मौसम विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घण्टे के दौरान तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ जबलपुर दमोह सागर खरगौन रतलाम और गुना में लू चल रही है

यह रथ केन्द्र सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करेंगे

पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने आज इस सिलसिले में भोपाल में निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर अपील की

इस मौके पर राजधानी भोपाल में आज माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय की ओर से एक व्याख्यान आयोजित किया जा रहा है

इसके प्रवेष पत्र एनवीएस की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं